उन्होंने इस वर्ष के लिए लोकल फॉर दिवाली का नारा दिया है और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा तथा इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लामान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है

इस मौके पर खड़ा पत्थर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयासरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरी गंगा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर में पूजा अर्चना भी की सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्य है

सैजल ने कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को खंड जिला व राज्य स्तर पर त्वरित सूचना सम्प्रेषण के लिए स्मार्ट फोन दे रही है

उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में सराहनीय भूमिका निभाई है सैजल ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का आहवान भी किया इस दौरान स्थानीय विधायक हीरालाल ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की

इसके लिए पंचायतों व शहरी निकायों में आवास बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस योजना से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए पुनः सर्वे किया जाएगा सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं

यह रिपोर्ट केन्द्र व राज्य सरकारों स्थानीय निकायों पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्षों और बहुपक्षीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी इस रिपोर्ट की प्रति सौंपेगा यह रिपोर्ट चार खंडों में विभाजित की गई है पहले और दूसरे खंड में मुख्य रिपोर्ट है

महिला कांग्रे स प्रदेश महिला कांग्रेस ने बढ़ती मंहगाई के खिलाफ आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश बुरे दौर से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई से गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीना मुश्किल होता जा रहा है